राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री चौधरी जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की इधर किसान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा है कि आज का दिन अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत देश में पर्याप्यत खाद्यान्न है और जो देश के विकास में पूरा सहयोग कर रहे हैं

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि यह योजना शुरूआत में राज्य के उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोही कोटा बांरा और झालावाड़ में लागू की जा रही है

सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय राजस्थान के महानिरीक्षक आयुष मनी तिवारी ने सीमावर्ती जैसलमेर का दौरा किया उन्होंने अपने पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे के अवसर पर जैसलमेर से लगती अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मुस्तैद रहने के साथ वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हर समय सजग और अवांछनीय गतिविधियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए

उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा प्रबंधक मंडल की बैठक में दीक्षांत समारोह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज दौसा जिले में स्कूलों का निरीक्षण किया उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया उन्होंने कहा कि आयोग अब एक अभियान चलाकर बाल अधिकारों के प्रति बच्चों को जागृत करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो कहीं पर पारे में गिरावट भी आई है मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से बढ़कर शून्य दशमलव चार डिग्री सैल्सियस पर पहुंच गया